वोट वाले दिन और उससे एक दिन पहले छपने वाले विज्ञापनों के लिये मीडिया कमेटी से मंजूरी लेनी आवश्यक कर दी है हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने युवा वर्ग को लोकसभा च्नाव में मतदान अवश्य करने का आहवान किया है

श्री माता मनसा देवी तथा अन्य स्थानों पर नवरात्रों के अवसर पर लाखों श्रद्वाल् माथा टेक रहे है च्नाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों उम्मीदवारों और दूसरे संगठनों को चुनाव वाले दिन और उससे एक दिन पहले बिना उसकी मंजूरी के प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन देने पर पांबदी लगा दी है आयोग ने कहा कि जल्द ही राज्य और जिला स्तरीय मीडिया प्रमाण पत्र और निगरानी कमेटीयां बनाई जायेगी जोकि राजनीतिक पार्टियों दवारा जारी इस प्रकार के विज्ञापनों पर नज़र रखेगी च्नाव आयोग ने कहा कि मतदान से पहले ऐसे विज्ञापनों से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा भड़काऊ और घृणित विज्ञापनों जिससे हिसा फैलाने का अंदेशा हो पर निगरानी रखने के लिये राज्यों के म्ख्य च्नाव अधिकारियों को सम्बोधित पत्र में निर्वाचन आयोग ने इस बारे राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और समाचार पत्रों को दिशा निर्देश जारी करने को कहा है पहली बार इंटरनेट का प्रयोग करने वाली कंपनियों ने भी सोशल मीडिया पर निर्बाध निष्पक्ष और नैतिक मंच प्रदान करने के लिये सभी मानदंडो को स्वैच्छा से मान लिया है हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने युवा वर्ग से आहवान किया है कि वे लोकसभा आम च्नाव में मतदान अवश्य करें उन्होंने कहा कि पांच साल में अपने देश के भविष्य के लिए हर मतदाता को मतदान के लिए समय निकालते हुए मतदान करना चाहिए फरीदाबाद में जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय दवारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने य्वाओं से कहा कि वोट न डालने की धारणा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होती

ईवीएम के संदर्भ में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम के च्नाव प्री तरह पारदर्शी है न केवल तकनीकी रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी ईवीएम स्रक्षित है नूहं के जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों की पालना स्निश्चत करना हम सभी का दायित्व है

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा ने रोहतक में बताया कि इस दिन कांग्रेस की केन्द्रीय च्नाव समिति की अहम बैठक होगी उन्होंने हरियाणा में सभी दस सीटों पर एक साथ घोषणा होगी पूर्व कहा कि मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के साथ संवाभित गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते ह ये कहा कि हरियाणा कांग्रेस ख्द च्लाव लड़ने में सक्षम है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई समझौता हआ तो इसका असर हरियाणा पर पड़ेगा उन्होंने कहा कि उनका सोनीपत लोकसभा सीट से च्नाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है लेकिन पार्टी फैसला करेगी तो वे तैयार है हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव ने कल पंचकूला प्लिस अकादमी में नव नियुक्त उप निरीक्षकों और महिला सिपाहियों को सम्बोधित करते ह्ये प्रशिक्षकों का बेहतर पुलिसिंग व प्रशिक्षण के बारे मार्ग प्रदर्शन किया प्लिस परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई देते हये उन्होंने कहा कि प्लिस ऐसा पेशा है जिसमे जन सेवा के अद्वितीय अवसर प्राप्त होते है ये पेशा लोगों के आंसू पोछने उन्हें अपराध से सुरक्षित रखने ग्मश्दा बचचों को मिलाने टूटे हये व्यकित का शांध्स बंधाने का अपूर्व अवसर देता है उन्होंने कहा कि वर्दी एक पहचान है

अम्बाला के जिला निर्वाचन अधिकारी शरणदीप कौर बराड़ ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आहवान किया है कि लोकसभा च्नाव के दृष्टिगत च्नाव आयोग द्वारा जो हिदायतें जारी करते हथे चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने में सहयोग करें उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा च्नाव के दौरान जो पोलिंग ब्थ बनाये गये है उन पर सभी ब्नियानी स्विधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्लिस के भी व्यापक प्रबंध किये जायेंगे सुश्री बराड़ ने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सम्प्रदायिक भावनाओं की द्हाई नहीं दी जानी चाहिए धार्मिक स्थानों जैसे मस्जिदों गिरजाघरों मंदिरों या प्जा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयोग नहीं करना है उन्होंने बताया कि दल या अभ्यार्थी को उस दशा में पहले ही यह स्निश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उसकी कडाई के साथ पालना करनी है जल्स का आयोजन करने वाले दल या अभ्यार्थी को पहले ही यह बात तय कर लेनी है कि जलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा और कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओ को च्नाव पर्ची उनके घर पर ही उपलब्ध करवाने का काम किया जायेगा च्नाव आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत आज अम्बाला में वाहनों की चैकिंग की गई च्नाव को निष्पक्ष व पारदर्शी संग से करवाने के लिये जिन सम्बधित कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है वह अपनी डयूटी पर निष्ठा से निर्वहन कर रहे है अम्बाला के मुख्य चौराहों पर वाहनों की चैकिंग के लिये विशेष अभियान चलाया गया जिसाक उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब की तस्करी न करे और साथ ही कोई चीज़ न लेकर जा रहा हो जिससे कि च्नाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो

उन्होंने कहा कि नई वोट ऑन लाइन माध्यम से भी बनाई जा सकती है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिये ज्यादा पात्र व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है चैत्र नवरात्र के मनसा देवी मेले में आज दूसरे नवरात्र में श्रद्धाल्ओं ने भारी संख्या में देवी के दर्शन किये चैत्र नवरात्र के दसूरे नवरात्र में माता ब्रहमचारिणी जी की पूजा की जाती है माता मनसा देवी के दरबार मे माथा टेकने के लिए आये ब्जुर्गो गर्भवती महिलाओं और विकलांगो के लिए लिफ्ट का प्रबंध भी किया गया है

भिवानी के देवसर के पहाड़ी माता मंदिर में नवरात्रों की शुरूआत के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ बेे ऩी शुरू हो गई हैं मंदिर में आसोज व चैत्र के नवरात्रों में देवी भक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं इस बार करीब चार लाख श्रद्धालुओं के देवसर धाम पहुंचने की उम्मीद हैं

ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर साढ़े नौ बजे सुना जा सकता है

तीसरा मैच कल खेला जायेगा

श्री गोयल ने कहा कि आज हरियाणा की बेटिया समस्त भारत में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है